बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमे प्रदेश और लोकतंत्र के हित में अब तक हुए घटनाकम को भूलकर आगे बढना चाहिए उन्होंने कहा कि विधायकों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और सब मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करने का संकल्प पूरा करेंगे

वहीं ड्रंगरपुर में भी एक संक्रमित मिला है

आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है इस वर्ष का विषय है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु ने देश के युवाओं से अपील की है कि वे ऐसे नये भारत का निर्माण करें जो गरीबी निरक्षरता और भ्रष्टाचार से मुक्त हो तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाये सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अपने संदेश में कहा कि यह दिन युवाओं की प्रतिबद्धता और भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान शीर्षक से एक वेब पोर्टल की शुरूआत करेंगे प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के अंतर्गत इस पोर्टल की शुरूआत वीडियो कांफे सिंग के जरिए की जाएगी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे

श्रोता अपने सुझाव माई जीओवी फोरम या नमो एप पर दर्ज करा सकते हैं

जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेशभर में श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है कोविड महामारी के कारण मंदिर हालांकि श्रद्धालुओं के लिए बंद है लेकिन कई मंदिरों में वर्चुअल तरीके से जन्मोत्सव में श्रद्धालुओं को शामिल करने की व्यवस्था की गई है राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है

राज्य में मॉनसून की सक्रियता के कारण कई जगह अच्छी बारिश हुई है